प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके अंतिम दर्शन के लिये आज चैन्नई पहंचेंगे केन्द्र सरकार ने एम करूणनिधि के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है वहीं तमिलनाडु राज्य में सात दिन का शोक घोषित किया गया है दिल्ली सहित सभी राज्यों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आज आधे झुके रहेंगे गौरतलब है कि एम करूणानिधि का कल चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है राजस्थान गौरव यात्रा के तहत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बांसवाडा जिले के घाटोल में जनसभा को संबोधित करेंगी इससे पहले कल कुशलगढ़ में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशलगढ़ सज्जनगढ़ पेयजल परियोजना का काम अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा

श्रीमती राजे ने कहा कि चिखली से आनन्दपुरी के बीच बनने वाले संगमेश्वर पुल का आदेश जारी हो चुका है यह पुल मुम्बई और कोटा जैसी आधुनिक तकनीक से बना हैंगिंग ब्रिज होगा मुख्यमंत्री ने कल गांगड़तलाई में भी आमसभा को संबोधित किया

इसी के तहत सांसद आदर्श गांव कवरपुर में पशु स्वास्थ्य शिविर लगाया गया

चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने छह महीने तक के बच्चों को केवल स्तनपान के लिए निर्धारित स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कल जयपूर में राज्य स्तनपान नीति का शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री सराफ ने कहा कि यह नीति शिशु के जन्म के एक घंटे में स्तनपान और छह माह तक केवल स्तनपान कराने के लिए परिवार समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के लिए मार्ग दर्शक सिद्ध होगी उन्होंने स्तनपान कराने वाली सभी माताओं परिवारजन और स्वास्थ्यकार्मिकों से नीति में बताये गये तरीकों के अनुसार आचरण कर बच्चों को स्तनपान कराने में अपना योगदान करने का आह्वान किया शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कल आरटीई के तहत गैर सरकारी स्कूलों में निशुल्क सीटों पर पढ़ रहे बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर शिकायत निवारण ऑनलाइन सिस्टम का शुभारंभ किया श्री देवनानी ने बताया कि इस सिस्टम में बालक बालिका या अभिभावक की षिकायतों के साथ साथ गैर सरकारी विद्यालयों की परिवेदनाओं को भी लिया जायेगा

श्रीगंगानगर में सुप्रीम एयरलाइन्स का विमान कल उतरते समय रन वे पर फिसलकर दीवार से टकरा गया हालांकि पायलट सहित विमान में सवार नौ लोग सुरक्षित बच गये बताया जा रहा है कि रन वे पर पक्षियों के बैठे रहने से विमान अनियंत्रित होकर रन वे से फिसला और दीवार से जा टकराया